इससे साबित हो गया है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ही किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए मजबत आधार उपलब्ध है मुख्यमंत्री आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के लामार्थियों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि युवाओं को लाभान्वित करने के लिए ग्राम विकासोन्नमुखी योजनाएं आरंभ की जाएं ताकि ग्रामीण युवाओं को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर न जाना पड़े राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राष्ट्रीय विकित्सक दिवस के मौके पर राजभवन शिमला में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत चिकित्सकों को सम्मानित किया राज्यपाल ने इस मौके पर कोरोना महामारी के दौर में अपनी जान को जोखिम में डालकर डॉक्टरों द्वारा मानवता को बचाने के लिए दी जा रही बहमल्य सेवाओं को लिए उनका आभार जताया राज्यपाल ने कहा कि इस साल चिकित्सक दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि कोरोना महामारी के इस दौर में डॉक्टर मानवता को बचाने के लिए अपनी शत प्रतिशत सेवाएं देने में जुटे हैं

आज बिलासपुर व हमीरपुर में दो दो और कांगड़ा सिरमौर तथा शिमला में एक एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है

विक्रमादित्य सिंह प्रदेश कांग्रेस महासचिव व शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के कारण पर्यटन व्यवसाय को हुए नुकसान की भरपाई करने से पीछे हट रही है उन्होंने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि पर्यटन उद्योग कोरोना के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुआ है और सरकार इसे मंदी से बाहर निकालने के लिए आर्थिक पैकेज जारी करें विक्रमादित्य सिंह ने निजी स्कलों और विश्वविद्यालय द्वारा मनमानी फीस वसूलने का भी आरोप लगाया उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल टयूशन फीस वसूलने की अनुमति दी है लेकिन निजी स्कूल पूरी फीस वसूल रहे हैं विक्रमादित्य सिंह ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करने तथा छात्रों तथा अभिभावकों को राहत दिलाने की सरकार से मांग की रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से देश वैश्विक ताकत बनकर उमरेगा और इससे आर्थिक व विकास गतिविधियों को नई गति भिलेगी रामस्वरूप शर्मा आज मंडी में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी प्रदेश में विकास की रफ्तार कम नहीं हुई है उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिया सांसद ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक व विकास गतिविधियों को नई ऊर्जा व गर्ति देने के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं जिनका सकारात्मक असर दिखने लगा है

पैंशनमोगी जीवन प्रमाणपत्र विभाग की वैबसाईड पर उपलब्ध है अखिल भारतीय सेवाएं पैंशनभोगी द्वारा भी इस तरह का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है समारोह हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी संघ की कांगड़ा जिला इकाई ने सेवानिवृत कोष कर्मचारियों के सम्मान में आज धर्मशाला में एक समारोह का आयोजन किया

डीसी बिलासपुर उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ उठाकर लाभान्वित हो सके उपायुक्त आज बिलासपुर में अन्सूचितजाति व जनजाति राष्ट्रीय न्यास अधिनियम और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की त्रैमासिक समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता कर रहे थे सूत्रा स्वयं सेवी संस्था सूत्रा सोलन जिला के धर्मपुर क्षेत्र की तीन ग्राम पंचायतों जगजीत नगर चामियां और कष्णगढ में रह रहे प्रवासी मजदरों के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कोरोना काल में फरिशता बनकर आई हैं